भारत में बाघों की गिनती बढ़कर दो हजार नौ सौ सड़सठ ह ई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि भारत लगभग तीन हजार बाघों के लिये सबसे स्रक्षित स्थान है

सर्वेक्षण में अनुसार भारत में बाघों की गिनती ब कर दो हजार नौ सौ सड़सठ हो गई उन्होंने कहा कि बाघों की गणना के परिणाम प्रत्येक भारतीय और प्राकृति प्रेमी को प्रसन्न करने वाले है

श्री मोदी ने कहा कि पिछले पांच सालों में देश में वन क्षेत्र और स्रक्षित क्षेत्रों में वृद्वि है उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण स्वस्थ संत्रलन कायम करना संभव है उन्होंने कहा कि भारत नागरिकों के लिये और घर बनाने के साथ साथ पश्ओं के उच्च स्तर अभ्यारण तैयार करेगा श्री मोदी ने कहा कि प्रद्षण मुक्त इंधन और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित अर्थव्यवसथा कायम करने के लिये निरंतर प्रयास कर रहा है उन्होंने कहा कि अवशिष्ट और बायोमास की भारत की ऊर्जा सुरक्षा का जरिया का बनाया जा रहे है

हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस मौके पर बाघ अभयारण्यों के प्रभावी प्रबंधन के मूल्यांकन के चौथे चरण की रिपोर्ट भी की जारी की और बाघ अभ्यारण्यों के के आर्थिक मुल्यांकन बारे रिपोर्ट भी जारी की उन्होंने बाघ संरक्षण के क्षेत्र काम के लिये सत्यमंगलम बाघ अभ्यावरण को प्रस्कृत भी किया

एक टवीट संदेश में नीति आयोग के म्ख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि इस फैसले से ओटोमोबाइल सेक्टर को भारी प्रोत्साहन मिलेगा शहरों की सफाई होगी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा

केन्द्र पर्यावरण के अन्कुल इलैक्ट्रोनिक वाहनों को लोकप्रिय बनाने के लिये पहल कर रहा है सरकार ने अपने पहले सौ दिनों में देश भर में सभी वक्फ सम्पतियों का शत प्रतिशत डिजीटीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है नई दिल्ली में आज राज्य और केन्द्र शासित वर्क्फ बोर्ड के राष्ट्रीय सम्मेलन में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री म्ख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये मानचित्रण के लिये बड़े पैमाने पर भगोलिक सूचना प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है श्री नकवी ने कहा कि इसका उददेश्य वक्फ बोर्डो की मूलभूत संरचना और आर्थिक स्थिति मे सुधार करना है जिससे वक्फ की संम्पतियों का इस्तेमाल समुदाय मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिये किया जा सकेगा और ऐसी संपतियों के अतिक्रमण से बचाया जा सके

इस अवसर पर मंत्री ने वक्फ बोर्डो को अच्छे प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय प्रस्कार से भी सम्मानित किया हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डो के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन अल्पसंख्यक मामलों बारे मंत्रालय की केन्द्रीय वक्फ परिषद दवारा किया गया जिसका उद्देश्य वक्फ से ज्ड़ी गतिविधियों की समीक्षा करना है हरियाणा के लोक निर्माण व वन मंत्री राव नरवीर सिंह ने कारपोरेट कंपनियों से आहवान किया है कि वे पर्यावरण संरक्षण में अपने सामाजिक दायित्व के तहत योगदान है और सड़कों के तहत योगदान है और सड़कों के साथ हरित पट्टी को पौधारोपण के लिये गोद ले राव नरवीर सिंह न आज ग्रूग्राम के मानेसर स्थित एक कंपनी के अंदर व बाहर पौधारोपण करने के बाद आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थें उन्होंने मानेसर तथा ग्रूग्राम की सभी कंपनियो से कहा कि वे हरित पट्टी में पौधे लगाने और तीन साल तक उनका पालन पोषण भी करे इसमें ने केवल क्षेत्र हरा भरा व सूंदर होगा बल्कि जल संरक्षण में भी मदद मिलेगी उन्होंने कंपनियों को उनकी छत का इस्तेमाल बरसाती पानी के जमीन में डालने के लिये करने को कहा इस मौके पर मंत्री पेड़ो की कटाई रोकने के लिये कागज़ के कम इस्तेमाल की नसीहत भी दी हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिये घोषणा पत्र जारी करने में लोगों की राय जानने के लिये संकल्प पत्र संकलन यात्रा श्रू कर गई है म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज ग्रूग्राम से इस यात्रा के तहत पांच रथों को रवाना किया इस मौके पर ग्रूग्राम के चारों विधासभा क्षेत्रों के विधायक भी मौजूदथे

काबिलेगौर है लोकसभा च्नावों से पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह की यात्रा निकाली थी इस मौके पर क्लदीप बिश्नोई पर हई कार्रवाई बारे म्ख्यमंत्री ने कहा कि जो भी सुनने में आ रहा है दुर्भग्य पूर्ण है हरियाणा का अगर कोई भी नागरिक गैर कानूनी कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए

पत्रकारों द्वारा मानेसर जिले में ल्ड़कियों के स्कूल पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा किये जाने के मामले में व्यक्तियों द्वारा उच्च न्यायालय में शिकायत देने के प्रश्न पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि वे ख्द दो अगस्त को मानेसर जाकर इस बारे सारे मामले का संज्ञान लेगें और पढ़ाई में कोई विघन नहीं आने दिया जायेगा इस मौके पर सांसद धर्मवीर सिंह विधायक विरांभर वाल्मीकी व मंत्री घनश्याम सर्राफ भी उपस्थित थे

खराब मौसम के चलेते समारोह स्थल मे परिवर्तन किया गया है